साथ ही पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का भी टीकाकरण होगा

और बिहार बोर्ड की नौवीं की परीक्षा कल से हो रही है शुरू

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज के युग में न यह आवश्यक है न यह संमय रहा है इसलिए मै कहता हूं कि गवर्नमेंट हेज नो विजनेस दू बी इन विजनेस सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति स्वसाघन सामर्थय कत्याण काम के लिए लगने चाहिए केन्द्रीय बजट में किये गये विभिन्न सुधारों के विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाये

इसी तरह अनेक सुझायों के आवार पर हमने बड़े इन्वेस्टर्स को कदम कदम पर मदद करने के लिए एक सिंगल प्याइंट ऑफ कान्टेक्ट का सिस्टम भी बनाया है बीते वर्षो में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टीनेरान बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्मृत किए है आज भारत वन मार्किट वन टैक्ससेरान से युक्त है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के कायाकल्प की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा मिली है देश भर में साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को एक मार्च से कोविड का टीका लगाया जायेगा वहीं पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां होंगी उन्हें भी कोविड का टीका पहली मार्च से ही लगाया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस चरण में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी लोगों का टीकाकरण होगा निजी केन्द्रों पर टीकाकरण के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा जबकि सरकारी अस्पतालों में यह निशुल्क होगा

इनमें तीन लाख निन्यानवे हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और एक लाख तैंतीस हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं प्रदेश में तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए इस महीने की सत्ताईस और अट्ठाईस तारीख को अभ्यास किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है विभिन्न अस्पतालों में केवल पांच सौ आठ रोगियों का उपचार चल रहा है उन्होंने बताया कि इक्कीस जिलों से नये संक्रमण की कोई खबर नहीं आई इधर स्वास्थ्य विभाग ने केरल महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से राज्य में आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश जारी किया है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे शुरू किया जा रहा है प्रधान सचिव ने कहा कि संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश तेज की जायेगी देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में चौदह हजार सैंतीस लोग कोविड से ठीक हुए हैं अब तक एक करोड सात लाख छब्बीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार सात सौ बयालीस नये रोगी सामने आए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में एक सौ चार लोगों की मौत भी हुई हैं अब तक देश में एक करोड इक्कीस लाख पैंसठ हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं देश में रेहडी पटरी वालों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए यह निर्देश दिये गये हैं रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मामूली रूप से अधिक किराये वाली पैसेंजर और कम दूरी की अन्य रेलगाडियां चलाई गईं ताकि लोग परिहार्य और गैरजरूरी यात्राओं से बचें भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष मार्च में कोविड की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए नियमित रेलगाडियों का परिचालन रोक दिया था विभाग अब चरणबद्ध तरीके से लगातार यात्री गाडियों की संख्या बढा रहा है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रोद्योगिकी हार्डवेयर के बारे में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी इस योजना में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सूचना टैक्नोलॉजी हार्डवेयर की मूल्य श्रंखला में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव किया गया है इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन कंप्यूटर और सर्वर का निर्माण शामिल है केन्द्रीय सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे आईटी हार्डवेयर वस्तुओं के घरेलू मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी जिसके वर्ष दो हजार पच्चीस तक बीस से पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है

राज्य सरकार ने गया में एसबीआई की मानपुर शाखा से आठ करोड़ रूपये की अवैध निकासी मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए अनुमति दे दी है गृह विभाग के अनुसार मामले की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय जांच एजेंसी इसे दर्ज करेगी गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बीस के जुलाई माह में बैंककर्मियों ने अपने परिजनों के नाम पर खाते खोलकर राशि को उसमें भेजा था इसकी शिकायत तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार दास ने की थी प्रदेश के स्कूलों में नौवीं की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू होगी इस वर्ष पहली बार मैट्रिक परीक्षा के पैटर्न पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है परीक्षा के प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट सभी जिलों को भेज दी गयी है बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पन्द्रह मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जायेगा अधिकारी ने बताया कि परीक्षा संचालन की पूरी व्यवस्था विद्यालय करेगा लेकिन परीक्षा का परिणाम बोर्ड को भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि द्रष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए संगीत विषय की परीक्षा चार मार्च को होगी प्रदेश में सड़क दुर्घटना में दोषी पाये जाने वाले वाहन का निबंधन और चालक का लाईसेंस रद्द किया जायेगा परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग कड़े कानून बना रहा है वहीं परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में वाहन जांच अभियान शुरू किया जा रहा है ओवरलोडिंग किसी भी परिस्थिति में रोकी जायेगी मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने बारह देसी पिस्तौल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि विशेष अभियान के तहत चरौन गांव में छापेमारी की गयी जहां से शस्त्र तस्करों को एक बाईक के साथ गिरफ्तार किया गया है पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है वहीं सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गांजा के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पटना खगड़िया और वैशाली जिले में फर्जी दस्तावेज के आधार पर संविदा पर नियुक्त तीन कर्मियों की सेवा समाप्त कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने बताया कि ये कर्मी सर्वेक्षण लिपिक के पद पर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन तीनों से वेतन की भी वसूल की जायेगी रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में से सैंतालीस ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया है सम्पूर्ण क्रांति समेत अट्ठाइस स्पेशल ट्रेन आज और कल रद्द रहेंगी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सोनपुर मंडल के अंतर्गत बछवारा स्टेशन पर रेल सुधार कार्य किया जा रहा है जिससे इस रेलखंड से गुजरने वाली अट्ठाईस स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थाई रूप से रद्द किया गया है जबकि कई अन्य ट्रेनों को डायवर्ट करके चलाया जाएगा कई ट्रेनों की यात्रा गंतव्य स्टेशन से पहले ही समाप्त की जा रही है जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि चार जोड़ी स्पेशल रेलगाड़ियों के मार्ग में बदलाव किया गया है चार जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन आंशिक तौर पर होगा इसके अलावा तीन स्पेशल ट्रेन को पुनर्निर्धारित कर के चलाया जायेगा असम में सम्पन्न मिनी स्टेट तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंडर टेन वर्ग में पटना की मानवी ने दो गोल्ड मैडल जीता है झारखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बालिका जूनियर और सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का चयन सत्ताईस और अट्ठाईस फरवरी को पूर्णिया में किया जायेगा राज्य में पहली बार महिला कल्ब फुटबॉल लीग का आयोजन पन्द्रह से पच्चीस मार्च के बीच किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान ने सीतामढ़ी में दारोगा की मौत की खबर पर लिखा है अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग दारोगा की मौत दैनिक जागरण लिखता है सहनी की टिप्पणी से विधानसभा में हंगामा नहीं चला सदन प्रभात खबर ने भोजपुर में पुलिस अधिकारियों पर की गयी कार्रवाई को प्रमुखता देते हुए शीर्षक दिया है थानेदार समेत ग्यारह पुलिसकर्मी सस्पेंड दो को भेजा गया जेल दैनिक भास्कर की सुर्खी है मोटेरा स्टेडियम अब नरेन्द्र मोदी स्टेडियम और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा व्यापार करना सरकार का काम नहीं

साथ ही पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का भी टीकाकरण होगा

और बिहार बोर्ड की नौवीं की परीक्षा कल से हो रही है शुरू